वे कल शिमला से संगठनात्मक जिला पालमपुर के युवा मोर्चा की वर्चुअल रैली को संबोधित कर रहे थे

जय राम ठाकुर ने कहा कि इस महामारी के दौरान फेस मास्क सेनेटाईजर भोजन किट पका हुआ भोजन हो या लोगों को सामाजिक दूरी के महत्व के बारे में जागरूक करना हो इन सभी कार्यो में युवाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने युवाओं को सोशल मीडिया का अधिक उपयोग सुनिश्चित करने को कहा ताकि राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाया जा सके मुख्यमंत्री इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में होगी इसमें कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा होने की संभावना है इसके अलावा मुख्यमंत्री भाजपा द्वारा आयोजित हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की वर्चुअल रैली में भी शामिल होंगे ऋण केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सभी पात्र शिशु ऋण खाताधारकों को एक वर्ष के लिए ब्याज पर दो प्रतिशत आर्थिक सहायता देने की योजना को मंजूरी दे दी है

यह योजना आत्मनिर्भर भारत के तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए इस बारे में घोषित उपाय लागू करने से संबंधित है

कोरोना पॉजीटिव पाए गए अधिकतर लोग बाहरी राज्यों से हिमाचल वापस लौटे हैं

कोविड महामारी के कारण आवेदकों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने मानसून की दस्तक और कोरोना से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला के शब्द हैं हिमाचल पहुंचा मानसून पहले दिन झमाझम बारिश

आपका फैसला की सुर्खी है हिमाचल पहुंचा मानसून जमकर बरसे बादल दिव्य हिमाचल की सुर्खी है आषाढ़ में आया सावन बीबीएन जलमग्न

पंजाब केसरी ने शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के हवाले से लिखा है केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद ही खुलेंगे शिक्षण संस्थान दिव्य हिमाचल की सुर्खी है पहली से स्कूल कालेज खोलने का प्रस्ताव रदद

आपका फैसला ने लिखा है हिमाचल में पहली जुलाई से नहीं खुलेंगे स्कूल